उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया इस मौके पर मनरंगशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को इसकी समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है उन्होंने ये भी कहा कि मनाली शरद उत्सव में विश्व भर से लाखों लोग हिसा लेते हैं और इस उत्सव का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मनाली को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित करने के लिए प्रयासरत है इसके लिए मनाली में पर्याप्त अधोसंरचना विकसित की जा रही है ताकि स्थानीय लोगों और सैलानियों को ज्यादा सुविधा मिले

डीजीपी प्रलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने कहा है कि पुलिस के जागरूकता अभियानों से प्रदेश में सड़क हादसों में कमी आई है ये कमी जागरूकता के साथ साथ इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट पर ध्यान केंद्रित करने से भी आई है मरड़ी आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

बिंदल आज नाहन में पार्किंग स्थल के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नाहन शहर के लिए गिरी पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसका शीघ्र लोकार्षण कर लिया जाएगा

बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर करेंगे इन बैठकों के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है सात जनवरी को सांय दो से साढ़े चार बजे तक सोलन सिरमौर और शिमला जिला के विधायकों के साथ बैठकें होंगी जबकि पांच से आठ बजे तक मण्डी और किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठकें आयोजित की जाएगी

कौल सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में धर्मपुर के लोगों को सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग में नौकरी पर रखा जा रहा है कौल सिंह ठाकुर ने आज मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सराज के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि सराज के लोगों के साथ न्याय हो सके कौल सिंह ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और सरकार कर्ज लेकर जर्श्न मनाने में लगी है

सेवादल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को वास्तव में सफल बनाने और लोगों की सोच बदलने के लिए ही सेवादल इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है ताकि कोई भी कन्याओं को बोझ न समझे अभियान नेहरू युवा केंद्र कुल्लू ने आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया इस अभियान में जिले के ग्रमीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों और झुग्गी झोंपड़ी वालों को स्वच्छता के बारे में घर घर जाकर जागरूक किया गया इस दौरान नेहरू युवा केंद्र और स्वयं सेवीयों द्वारा समर्पण संस्था के बच्चों को खेल सामग्री भी वितरित की गई मौसम मौसम ने प्रदेश में करवट बदल ली है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कृष्ठ स्थानों पर आज दोपहर बाद जहां हल्की वर्षा हुई वहीं चंबा जिला की उंची चोटियों पर हिमपात का समाचार है मौसम में आए इस ताजा बदलाव से प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ गया है